उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर के अधिकारियों को निर्देश विकास कार्यों में गुणवत्ता का रखें ध्यान

ये समारोह राज्य सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष में आयोजित किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने आज शिमला में रैली की तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस को रैली के दौरान यातायात का सुचारू संचालन सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए उन्होंने शहर में बसों व अन्य वाहनों की पार्किंग सहित समारोह के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने पर भी बल दिया

उन्होंने हिमप्रस्थ पत्रिका के विशेषांक का भी विमोचन किया महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिह ठाकुर ने बच्चों को नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा देने की जरूरत पर बल दिया है वे आज मण्डी जिले के विभिन्न स्कूलों में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोहों में बोल रहे थे महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार नए अध्यापकों की भर्ती पर जोर दे रही है उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर पर प्री नर्सरी कक्षाएं शुरू की गई हैं जिसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना है वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि ऊना जिले के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र को पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं क्षेत्र के राजकीय विद्यालय पीपलू में आज एक समारोह में उन्होंने कहा कि पीपलूधार रामगढ़ धार और सोलह सींगी धार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन क्षेत्रों का सौन्दर्यीकरण किया जाएगा वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि अगले तीन वर्षो में कुटलैहड़ क्षेत्र में शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं से लैस वर्षा शालिकाओं का निर्माण किया जाएगा गोविंद ठाकुर उधर मण्डी के एक निजी स्कूल के समारोह में वनमंत्री गोविंद ठाक्र ने कहा कि अच्छा नागरिक व बेहतर इंसान बनना हर विद्यार्थी का जीवन का लक्ष्य होना चाहिए उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए सभी को एकजुट होकर नशे की बुराई के खिलाफ लड़ने की जरूरत है सती प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने प्रदेश सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल को प्रगतिशील व उपलब्धिपूर्ण बताया है एक बयान में उन्होंने कहा कि इस अवधि में स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार का प्रदर्शन अदभुत रहा है और अनेक स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों का सहारा बनी है

उन्होंने कहा कि गम्भीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष भी गठित किया है सरवीण कांगड़ा जिले में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की डोहब पंचायत में सड़क के सुधारीकरण कार्य का शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने आज शुभारम्भ किया

अवकाश प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों को लेकर शिक्षा विभाग ने फिर बदलाव किया है

गृहिणी सुविधा हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज चम्बा जिले के पुखरी और चोली में मुफ्त रसोई गैस कनैक्शन वितरित किए उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार ने महिलाओं और किसानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं उन्होंने लोगों से राजनीतिक विचारधारा से उपर उठकर क्षेत्र के विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आहवान किया

आयोग की अध्यक्ष वंदना ठाक्र ने बिलासपुर में एक बैठक में बताया कि आयोग का मुख्य उद्देश्य बाल अधिकारों की रक्षा संवर्धन व बचाव करना है उन्होंने बाल विकास अधिकारियों को आंगनबाड़ी केन्द्रों का समय समय पर निरीक्षण कर बच्चों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लेने के निर्देश दिए

बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने अधिकारियों को कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने और सभी लम्बित कार्य तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं कांगड़ा जिले के परागपुर में अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि पंचायतों में मूलभूत ढांचा मजबूत करने सहित हर सुविधा पहुंचाने के लिए सरकार पर्याप्त धनराशि व संसाधन मुहैया करवा रही है उद्योग मंत्री ने स्वच्छता अभियान प्लास्टिक मुक्त भारत और पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए कार्यो की समीक्षा भी की उन्होंने कहा कि पौधरोपण स्वच्छ भारत और कूड़ा संयंत्र के कार्य मनरेगा के तहत किए जाने चाहिए बिक्रम ठाकुर ने जनसमस्याएं भी सुनीं और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया अभियान नाहन क्षेत्र के राजकीय विद्यालय जमटा में एक दिन स्कूल के नाम अभियान के दूसरे चरण का उपायुक्त आरके परूथी ने आज शुभारम्भ किया इसके तहत जिले के विभिन्न स्कूल परिसरों में विद्यार्थियों द्वारा पॉलिथीन एकत्रित किया जाएगा इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि बच्चों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश घर घर तक पहुंचाया जाएगा ताकि लोगों में इधर उधर कूड़ा फेंकने की आदत में बदलाव लाया जा सके

पुरस्कार राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश चंद ध्वाला ने कांगड़ा जिले में ज्वालामुखी क्षेत्र के कोहाला विद्यालय के वार्षिक समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया अपने सम्बोधन में उन्होंने विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा देने पर भी बल दिया हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के राजकीय विद्यालय नालंगर के वार्षिक समारोह की विधायक नरेन्द्र ठाकुर ने अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और छात्रों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत है इधर घुमारवीं के छंदोह स्कूल में हुए समारोह में विधायक राजेन्द्र गर्ग ने विद्यार्थियों को सम्मानित किया अपराध प्रदेश पुलिस महानिदेशक एसआर मरढ़ी ने साईबर अपराध को रोकने के लिए आम लोगों के जागरूक होने पर बल दिया है शिमला में आज साईबर अपराध व सुरक्षा विषय पर एक कार्यशाला में उन्होंने कहा कि लोगों को अपने डेबिट कार्ड का सावधानी से इस्तेमाल करने की जरूरत है

उन्होंने कहा कि साईबर पुलिस ने ठगी के कई मामलों को सुलझाया है और अनेक मामलों में ठगी गई राशि शिकायतकर्ता को वापिस करवाई गई है उन्होंने लोगों को बचत बैंक खातों में अधिक धनराशि न रखने की भी सलाह दी रेडक्रॉस प्रदेश रेडक्रॉस सोसायटी की उपाध्यक्ष साधना ठाक्र ने कहा है कि रेडक्रॉस गतिविधियों को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है सुंदरनगर में आज रेडक्रॉस मेले के समापन पर उन्होंने कहा कि भविष्य में और अधिक लोगों को रेडक्रॉस गतिविधियों से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे इस बीच करसोग में यूथ अगेंस्ट ड्रग्स विषय पर रेडक्रॉस मेले का आयोजन किया गया इस अवसर पर विधायक हीरालाल ने युवाओं से नशे जैसी कुरीतियों से दूर रहने का आहवान किया दूसरी ओर जोगिन्दरनगर में रेडक्रॉस मेले का सांसद रामस्वरूप शर्मा कल शुभारम्भ करेंगे एसडीएम अमित मेहरा ने बताया कि विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा अन्य मनोरंजक गतिविधियां आकर्षण का केन्द्र रहेंगी

उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर के अधिकारियों को निर्देश विकास कार्यों में गुणवत्ता का रखें ध्यान